वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ये चुनौती सभी राज्यों के लिए एकजैसी है इसलिए इससे एकजुट होकर निपटना आवश्यक है उन्होंने मुख्यमंत्रियों से सभी आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करते हुए कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी परामर्शों पर अमल किया जाना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि इस चूनौती से निपटने के लिए नागरिकों की भागीदारी भी बहत जरूरी है लेकिन इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है उन्होंने कहा कि इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिहाज से अगले तीन चार सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण हैं मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को अपने यहां की जा रही तैयारियों की जानकारी दी उन्होंने केन्द्र की ओर से मिली सहायता के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया

भीलवाडा में मिले मरीजों में से तीन डॉक्टर है चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि भीलवाडा में एक साथ इतने मामले सामने आने के बाद कपर्यू लगा दिया गया है और सीमा सील कर दी गई है उन्होंने बताया कि शहर को सैनेटाइज करने का काम भी शुरू कर दिया गया है चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने कल राज्य के निजी अस्पतालों को एडवाइजरी जारी कर पर्याप्त मात्रा में ग्लब्स मास्क वेंटीलेटर और आइसोलेशन के लिए कुछ बेड तैयार रखने को कहा है ताकि आपात स्थिति में इनका उपयोग किया जा सके इससे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से स्थिति की समीक्षा की श्री गहलोत ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दो दिन पहले तक प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर स्थिति नियंत्रण में थी लेकिन संक्रमण के कृछ और मामले सामने आने के बाद हमारी चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि हमारा प्रदेश इस वायरस के कम्यूनिटी ट्रांसमिशन के दौर से गुजर रहा है राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी कहा है कि लोग इस समय अफवाहों पर ध्यान न दें और पूरी तरह से सतर्क रहें

क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों लखनऊ में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में भाग लिया था जिसमें गायिका कनिका कपूर भी मौजूद थीं जिनमें इस रोग की पुष्टि हुई है

जयपुर की सड़कों पर अपेक्षाकृत बहुत कम वाहन दिखाई दे रहे है

कई सामाजिक सांस्कृतिक और व्यापारिक संस्थानों ने इसे समर्थन देने की घोषणा की है जयपुर मेट्रो भी कल बंद रहेगी राज्य से गुजरने वाली कई रेल सेवायें विभिन्न हवाई अड्डों से संचालित कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गयीं हैं

स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस को लेकर सतर्कता अभियान चला रहा है विदेश से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है

सवाईमाधोपुर में तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई